राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आज से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा होने से ठंड में हुई बढ़ोत्तरी मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया

कल गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान भवन की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह में श्री शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निराशा फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने पचास साठ साल के अपने शासन के दौरान बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया कार्यक्रम आनेवाले दिनों में देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान बन जाएगा

वो लस्य भी निश्चित रूप से हम सिद्ध कर पाएंगे उसका मुझे भरोसा है गृह मंत्री ने आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि आर्थिक मंदी के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं

यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अमिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे पिछले वर्ष चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में प्रधानमंत्री ने छात्रों को दबाव से निजात पाने के लिए अपने अमिभावकों की सलाह पर ध्यान देने को कहा था श्री मोदी ने अमिभावकों से अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के प्रति सावधान किया था और कहा था कि छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाये मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था कि डॉक्टर बनना है और क्लर्क बन गये है तो सारी सजा बच्चों को दे रहे हो वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोपकर के उनसे करवाने की कोशिश करते हैं पंजाब में बठिंडा के गुरू गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल की शिक्षक राखी अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि यह कार्यक्रम परीक्षा के दबाव और तनाव से उबरने में छात्रों के लिए काफी मददगार होगा परीक्षा पर चर्चा इससे बच्चों का बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है ये मन पर जो बोझ होता है कि हमने अच्छे नंबर लेने है वो कम्पीटिशन जो है यो दूर होकर अपनी तैयारी के लिए लग जाते हैं ताकि बच्चों को प्राइम मिनिस्टर साहब से फेस दू फेस बात करने का मौका मिलेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण दिन छब्बीस जनवरी को हो रहा है उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं लोग नमो एप ओपन फोरम और माई जीओवी फोरम पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं ये सुझाव पच्चीस जनवरी तक भेजे जा सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कल लखनऊ और नोएडा में पहले पुलिस आयुक्त के पदभार संभाले सुजीत पांडेय ने लखनऊ में और आलोक सिंह ने नोएडा में पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला इस अक्सर पर लखनऊ पुलिस आयुक्त श्री पांडेय ने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रदेश के लिए एक बड़ा बदलाव है उन्होंने कहा कि उनका प्रयास नागरिक केंद्रित सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा डायल वन वन दू और यूपी कॉप एप जैसी जन सुविघाओं को और अधिक सफल बनाने पर होगा प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया था राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सातवां दो दिवसीय सम्मेलन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से शुरू होगा इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी महासचिव प्रमुख सचिव सचिव और विदेशों के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं सम्मेलन का मुख्य विषय जन प्रतिनिधियों की भूमिका निर्धारित किया गया है कार्यक्रम का शुभारम्म आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे

बैठक की पूर्वसंध्या पर कल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति की बैठक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई आज उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का संबोधन होगा वहीं राज्यसभा के उप सभापति हरियांग और केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विभिन्न सत्रों को संबोधित करेगे सम्मेलन का मुख्य विषय है जन प्रतिनिधियों की भूमिका और दो दिनों तक चलने वाले सत्रों में विभिन्न प्रतिनिधि दो प्रमुख विषयों पर चर्चा करेगे जिनमें बजट प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना और जन प्रतिनिधियों का ध्यान विधायी कार्यों की ओर केन्द्रित करना शामिल है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

कल दिल्ली छावनी में बहत्तर्वे सेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि थल सेना आतंकवाद से निपटने के लिए कोई भी विकल्प अपनाने से नहीं हिचकिचाएगी उन्होंने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को भी दोहराया सेना प्रमुख ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर भागों में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टोलरेंस का है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे जनरल नरवणे ने जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताते हए कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य धारा में समावेश हो पाएगा उन्होंने कहा कि इससे भारत के पश्चिमी पड़ोसी द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्व में बाधा आई है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सेना के वीर जवानों अवकाश प्राप्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है

इसकी पहचान एक वीडियो में की गई जिसमें वह पिछले महीने की बीस तारीख को विरोध प्रदर्शन के दौरान पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग करते हए देखा गया था पुलिस पॉप्लर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ उसके संबंधों की भी जांच कर रही है

प्रयागराज कानपुर कौशाम्बी मैनपुरी और हमीरपुर समेत कई जनपदों में कल दिन में रूक रूक बारिश होती रही मौसम विमाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के कारण आज भी प्रदेश के आगरा मथुरा एटा झांसी जालौन चित्रकूट कानपुर फतेहपुर अयोध्या गोरखपुर बलरामपुर और आस पास के इलाकों सहित राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में वर्षा की संभावना है कानपुर में शीतलहर और ठंड के कारण आज कक्षा आठ तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है उधर पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वर्षा के कारण प्रदेश में गलन भरी ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है

लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं ने विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान कर दान पृष्य किया प्रयागराज में माघ मेले का कल पहला प्रमुख स्नान था श्रद्वालुओं ने तड़के से ही संगम में स्नान कर के घाट पर पंडों को चावल मूंग दाल नमक और हल्दी का दान किया यहां कल्पवास के लिए भी श्रद्वालु आए हुए हैं वाराणसी अयोध्या गढ़मुक्तेश्वर चित्रकूट में भी पंवित्र नदियों में स्नान के लिए कल देर शाम तक श्रद्वालुओं की भारी भीड रही कल ही से गोरखपुर में एक महीने तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया